गैर चिकित्सा उद्देश्य के लिये तरल ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना मरीजों के लिये पर्याप्त ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का अधिकरियों को निर्देश दिया है श्री कुमार ने आज प्रदेश में कोविड की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कोरोना के बढ़ रहे मामले के हरेक पहलु पर गंभीरतापूर्वक विचार करने और हर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया साथ ही श्री कुमार ने जांच का दायरा बढ़ाने और जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध कराने संबंधी निर्देश दिये उन्होंने पटना आईजीआईएमएस सहित निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिये बेड की संख्या बढ़ाने को भी कहा श्री कुमार ने संचार माध्यमों और माइकिंग के द्वारा गांव गांव में कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को सजग करने के वास्ते जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता जतायी बैठक के दौरान टीकाकरण को लेकर भी गहन विचार विमर्श किया गया श्री कुमार ने लोगों से एक बार फिर कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है ताकि संक्रमण की चेन का तोड़ा जा सके समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य समेत स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारी शामिल हुए केन्द्र ने देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के प्रयास तेज कर दिये हैं सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल चिकित्सा उद्देश्यों के लिए करने का निर्देश दिया है केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है पत्र में कहा गया है कि देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में नौ उद्योगों को दी गई छूट भी वापस ले ली गई है ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य के पंद्रह जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे ये संयंत्र पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत स्थापित होंगे ये ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र पटना बेग्सराय दरभंगा भागलपुर भोजपुर गया गोपालगंज कटिहार मध्बनी मुजफ्फरपुर नालंदा पश्चिम चम्पारण पूर्णिया सहरसा और वैशाली जिलों में लगेंगे इस बीच केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने समस्तीपुर में दो ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना को लेकर सांसद विकास निधि से दो करोड़ रूपये देने की अनुशंसा की है श्री राय ने बताया कि इस राशि से दो ऑक्सीजन प्लांट के अलावा चार वेंटिलेटर और दो पोर्टेबल एक्सरे मशीन भी लगायी जायेगी वहीं दूसरी तरफ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बीस किलोलीटर क्षमता के बीस ऑक्सीजन टैंकरों का निर्माण किया जाएगा एक किलोलीटर तरल ऑक्सीजन से एक सौ ग्यारह सिलिंडर भरे जाएंगे केन्द्र सरकार ने तीस अप्रैल तक बिहार के लिये रेमडेसिविर का कोटा बढ़ाकर चालीस हजार कर दिया है पहले यह चौबीस हजार था इधर आज गुजरात के अहमदाबाद से रेमडेसिविर का चौदह हजार वॉयल पटना पहुंच रहा है केंद्र सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कारगर नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण ग्रस्त जिलों में कड़ी कार्रवाई और स्थानीय कंटेनमेंट उपाय करने की सलाह दी है स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि संक्रमण की श्रंखला तोड़ने के लिए चौदह दिन की अवधि के लिए स्थानीय नियंत्रण क्षेत्र यानी कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है उन्होंने सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया श्री अग्रवाल ने कहा कि नये शोध से यह बात सामने आयी है कि यदि शारीरिक द्री नहीं बनायी रखी जाये तो एक व्यक्ति तीस दिनों के अंदर चार सौ छह लोगों को संक्रमित कर सकता है उन्होंने लोगों से घबराहट में ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक दवाओं को जमा नहीं करने की अपील की संवाददाता सम्ममेलन में एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गूलेरिया ने कहा कि संक्रमण रोकने के लिये मास्क लगाना दो गज की द्री और हाथों की बार बार सफाई सबसे आवश्यक है उन्होंने लोगों से नहीं घबराने की अपील करते हुए संयम से काम लेने को कहा प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है आज कल की तुलना में मामलों में मामूली कमी दर्ज की गई है हालांकि आज कल की तुलना में लगभग बीस हजार कम जांच भी हुए स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकरी के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में ग्यारह हजार आठ सौ एक नये संक्रमितों की पहचान हुई है सबसे अधिक पटना से दो हजार सात सौ बीस मामले सामने आये हैं वहीं गया से छह सौ पचपन सारण में पांच सौ साठ औरंगबााद से पांच सौ पचास बेगूसराय से पांच सौ उनचास और गोपालगंज से पांच सौ नये मामले दर्ज किये गये देश भर में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड के तीन लाख बावन हजार नौ सौ इक्यानवे नये मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी अवधि में दो लाख उन्नीस हजार से अधिक रोगी स्वस्थ भी हुए

फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या अठाईस लाख तेरह हजार से अधिक है

एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने सीएसआईआर के हवाले से स्पष्ट किया है कि वर्तमान में सीरोलॉजिकल अध्ययनों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि शाकाहारी भोजन और ध्रम्रपान कोविड उन्नीस से बचा सकते हैं सीएसआईआर ने भी कहा है कि उसने इस दावे के बारे में कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया है राज्य में अब तक छियासठ लाख अठारह हजार उनतीस लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान तिरपन हजार तीन सौ ग्यारह लोगों को टीका लगाया गया है वहीं देश में अब तक चौदह करोड़ उन्नीस लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है एक मई से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के लिये निबंधन की प्रक्रिया अठाईस अप्रैल से शुरू होगी इस चरण के तहत अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीके दिये जायेंगे केन्द्र सरकार ने कहा है कि इस चरण के तहत टीका लेने वालों को पूर्व में निबंधन कराना अनिवार्य होगा बिना निबंधन के टीके नहीं दिये जायेंगे और इसके लिये टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी लोग कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु एप के माध्यम से निबंधन करा सकते हैं केंद्र सरकार टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने पचास प्रतिशत कोटे से निःशुल्क कोविड टीके देना जारी रखेगी फेसबुक पोस्ट पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि शेष पचास प्रतिशत कोटे में राज्यों को स्वतंत्रता होगी इस कोटे में निजी क्षेत्र भी आ सकेंगे ताकि संयुक्त प्रयासों से हर वयस्क को जल्द से जल्द टीका लगाने का लक्ष्य हासिल किया सके केंद्र सरकार के माध्यम से टीकाकरण पहले की तरह जारी रहेगा और इसका सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी नवादा जिले में शुक्रवार से सोमवार तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने बताया कि इस दौरान सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें तय समय अवधि के लिये ही ख्लेंगी औरंगाबाद जिले के रफीगंज और गोह प्रखंड में कोरोना गाईडलाईन का पालन नहीं करने वाले पंद्रह दुकानों को सील कर दिया गया है शेखप्रा के पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा कोविड पॉजिटिव पाये गये हैं वे अभी होम आइसोलेशन में हैं पटना जिला प्रशासन ने नब्बे निजी अस्पतालों की सूची जारी की है जिन्हें कोविड मरीजों के इलाज के लिये चिन्हित किया गया है जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इन सभी अस्पतालों को क्षमता से अधिक कोविड मरीज भर्ती नहीं करने का निर्देश दिया गया है उन्होंने बताया कि प्रशासन इन अस्पतालों की निगरानी कर रहा है कोरोना की स्थिति को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वेतन भोगियों को पीएफ एकाउंट से पचहत्तर प्रतिशत तक राशि निकालने की अनुमति दी है बिहार झारखंड के केन्द्रीय अपर आयुक्त राजीव भट्टाचार्य ने बताया कि ईपीएफ स्कीम उन्नीस सौ बावन में बदलाव किया गया है उन्होंने बताया कि खाते में जमा रकम का पचहत्तर प्रतिशत या तीन महीने के वेतन के बराबर राशि निकाली जा सकती है प्रदेश भर के अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक रंजन कुमार ने बताया कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान दिन के तापमान में और वृद्धि होगी

पूर्णिया जिले के के हाट थाना क्षेत्र अंतर्गत डोनर चौक के पास अगलगी की घटना में दो बच्चों की झुलसकर मौत हो गयी इस हादसे में कई कच्चे घर भी जलकर नष्ट हो गये कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र स्थित सिसिया गांव के पास हथियार बंद अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप कर्मी से चार लाख रूपये लूट लिये समस्तीपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापमारी कर छह कुख्यात अपराधियों समेत चौदह वारंटियों को गिरफ्तार किया है उनके पास से हथियार और शराब भी बरामद की गयी वैशाली जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर नौ सौ छियासी कार्टन शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत जितवारपुर गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार दो भाईयों की मौत हो गयी वहीं पश्चिम चंपारण जिले के लोरिया थाना क्षेत्र में एक ट्रक की चपेट में आने से एक मोटरसाईकिल सवार की मौत हो गयी जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया

गैर चिकित्सा उद्देश्य के लिये तरल ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी